सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही वे कल अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना टीकाकरण कार्य की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री श्री चौहान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर वैक्सीनेशन के लिए नए केंद्र स्थापित किए जायें अस्पतालों में वैक्सीनेशन कार्य नहीं किया जाए

बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे उधर स्वास्थ्य सचिव ने कल गृह सचिव को सर्वाधिक प्रभावित नौ राज्यों में कोविड की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट सौंपी कोविड संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों और केन्द् शासित प्रदेश में महाराष्ट्र केरल कर्नाटक उत्तर प्रदेश तमिलनाडु दिल्ली आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल हैं गौरतलब है कि प्रधानमंत्री संबंधित पक्षों और वरिष्ठम अधिकारियों के साथ बैठक कर देश में कोविड की स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहें हैं ऑक्सीजन प्लांट कोरोना कहर को देखते हुए प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री ने जिला अस्पताल एवं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया जिला अस्पताल में बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया

इसके अलावा जो भी चिकित्सा संबंधी सामग्री की आवश्यकता होगी वह उपलब्ध कराई जायेगी जन आंदोलन छतरपुर जिले के नौगांव की निवासी दादी भगवती सोनी ने कोरोना आपदा से निपटने के लिए बुंदेली भाषा में जन जागृति संदेश को गीत के रूप में प्रस्तुत किया है

इसी परिप्रेक्ष्य में शहरी पथ व्यवसायियों को राहत पहुँचाने के लिए इन्हें अनुदान देने का निर्णय लिया गया है

आईपीएल क्रिकेट आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को सात विकेट से हरा दिया

पृथ्वी शॉ को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया

कोलकाता नाइट राइडर्स की सात मैच में यह पांचवीं हार है जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन में पांचवीं जीत हासिल की है दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में दस अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है टूर्नामेंट में आज अहमदाबाद में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चौलेंजर्स बैंगलौर से होगा मैच शाम साढ़े सात बजे से शुरू होगा